भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में तनाव समाप्त करने पर आम सहमति बन गई है

सेना के सूत्रों के हवाले से हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि दोनो देशों के बीच कोर कमांडर स्तर की वार्ता कल मॉल्दो में सौहार्दपूर्ण सकारात्मक और रचनात्मक माहौल में हुई बैठक में पूर्वी लद्दाख में टकराव के सभी क्षेत्रों से हटने के तौर तरीकों पर चर्चा हुई

दोनों कोर कमांडरों के बीच ये दूसरी बैठक थी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में प्रत्येक थाना चिकित्सालय राजस्व न्यायालय तहसील विकासखंड और जेल में कोविड हेल्प डेस्क स्थापित करने क निर्देश दिये हैं उन्होंने कहा कि कोविड हेल्प डेस्क पर कोरोना संक्रमण से बचाव संबंधी सावधानियां के पोस्टर लगाये जाये उन्होंने हेल्प डेस्क पर पल्स ऑक्सीमीटर इंफ्रारेड थर्मामीटर और सैनिटाइजर की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिये

उत्तर प्रदेश सरकार राज्य में कोविड संक्रमितों की पहचान के लिए एंटीजन परोक्षण शुरू करेगी इस परीक्षण का परिणाम अपेक्षाकृत जल्दी मिल जाता है राज्य में संक्रमण से स्वस्थ होने की दर में भी सुधार हुआ है पहले चरण में एनटीजेन्ट टेस्ट की शुरूआत पांच शहरों लखनऊ कानपुर प्रयागराज वाराणसी और गोरखपुर से की जाएगी बाद में इसे पश्चिमी इलाके के शहरों में भी शुरू किया जाएगा

इस बीच प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को व्यापक स्वास्थ्य सर्वे करने को कहा गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा कोविड पीड़ित मरीजों की पहचान हो सके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसके लिए एक लाख से ज्यादा स्वास्थ्य विभाग के टीमों को गठित करने के लिए कहा है इस बीच सुरक्षा बलों को कोविड संक्रमण से बचाने के लिए प्रदेश के गृह विभाग की ओर से निर्देश जारी किए गए हैं कि प्रोवेंसल आर्म्स कॉन्सबलरी यानी पीएसी के जवानों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट कर दिया जाए जिससे कोरोना संक्रमण की संभावना न रहे सुशील चंद्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ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

विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि कोरोना से होने वाली मौत कम करने में डेक्सा मेथाजोन उपयोगी रही है इसलिए इस सस्ती स्टेरॉयड के उत्पादन में तेजी लाने की आवश्यकता है संगठन के प्रमुख टेड्रोस एढेनॉम गेब्रेसस ने कहा है कि ब्रिटेन में इस दवा के परीक्षण परिणाम प्रकाशित होने के बाद से इस दवा की मांग काफी बढ़ गई है उन्होंने कहा है कि अभी इस परिणाम को लेकर कोई अंतिम राय नहीं बन पाई है लेकिन जीवन बचा सकने की डेक्सा मेथाजोन की क्षमता उम्मीद जगाती है

अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने आज बताया कि सऊदी अरब के हज और उमराह मंत्री डॉमोहम्मद सालेह बिन ताहिर बेंतन ने उन्हें फोन पर इस साल हज यात्रियों को सउदी अरब नहीं भेजने का सुझाव दिया है

उन्होंने कहा कि आवेदकों को बिना किसी कटौती के पूरी रकम वापस करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है हमारे संवाददाता ने बताया है कि धनराशि ऑनलाइन डीबीटी के माध्यम से आवेदकों के बैंक खातों में भेज दी जाएगो

प्रदेश के सरकारी प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों की ऑपरेशन कायाकल्प से काया ही बदल गई है स्कूलों में बेहतर रंगाई पुताई के साथ आधुनिक सुविधाएं दी जा रही हैं

बच्चों के अधिकारों को दर्शाने के साथ जल संरक्षण का संदेश भी दिया जा रहा है और स्कूल में जल संरक्षण के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम भी लगाया गया है मुख्य विकास अधिकारी ईशा दोहन ने बताया कोरोना से बचने के लिये मल्टीपल हैंडवासिंग यूनिट लगाये गये है और वहां पर सब जगह साबुन और हाथ धोने का इक्यूमेंट भी रखा गया है साथ ही मास्क डिस्टीब्यूशन हर ग्राम पंचायत में चल रहा है

हर जगह पोस्टर्स लगाये गये है सबको बताया गया है घर घर जाकर के कि अपना सोशल डिस्टेंसिंग मेनटेंन रखे मास्क लगाये रखे और हाथ बार बार धोये बस अब इंतजार है बच्चों को स्कूल खुलने का जहां आते ही वह अपने स्कूल की एक नई तस्वीर देखेंगे निश्चित ही इस तरह के कार्यो से बच्चों में शिक्षा के प्रति रुचि बढ़ेगी संगीता श्रीवास्तव आकाशवाणी समाचार मेरठ

उन्होंने बताया कि राजधानी सहित कई अन्य भागों में आज प्री मानसून वर्षा दर्ज की गई अगले दो दिनों के भीतर मानसून पूरे प्रदेश में सक्रिय हो जायेगा जन संघ के संस्थापक और प्रसिद्ध शिक्षाविद् डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्य तिथि पर आज उन्हें भावभीनी श्रद्धाजंलि अर्पित की गई

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को देश का महान सपूत बताया

इस अवसर पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह सहित कई मंत्रिगण उपस्थित रहे